मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इस हेल्प लाइन नम्बर एक एक दो का शुभारम्भ किया अभी तक प्रदेश के लोगों को पुलिस सहायता के लिए एक शून्य शून्य अग्निशमन सहायता के लिए एक शून्य एक और महिला हेल्पलाइन के लिए एक शून्य नौ शून्य डॉयल करना पड़ता था इस नयी सेवा के शुरू हो जाने के बाद इन सभी सेवाओं के लिए अब सिर्फ एक एक दो डॉयल करना होगा देश के कई राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस सेवा को पहले ही लागू कर चुके हैं उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी कुछ समय तक सौ नम्बर की सेवा जारी रहेगी लेकिन जैसे जैसे नए नम्बर के प्रति लोग जागरूक हो जायेगे वैसे वैसे सौ नम्बर की उपयोगिता भी समाप्त हो जायेगी मुख्यमंत्री ने इस वर्ष कुम्म के आयोजन के लिए प्रदेश पुलिस की सराहना की उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा को और बेहतर बनाया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इसी दिन देशभर में दिपावली का त्यौहार भी मनाया जायेगा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दीपावली का त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था आप सबको विविधता से भरे हुए भारत के विविध विविध त्यौहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये भी जरूर देखना कि दिवाली के दिनों में पटाखे वगैरह से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए आइए मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्यौहारों को भी मनाएं फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है मनमोहक ढंग से सजाए गयी अयोध्या में आज सुबह से ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया

शोमायात्रा में भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप की झांकिया सभी का मन मोह रही थीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य की उप सभापति एवं सांसद बीना भटनागर ने आज ही हरी झण्डी दिखाकर इस शोभायात्रा को रवाना किया शोभायात्रा में शामिल झांकियां चार किलोमीटर लम्बे मार्ग पर मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का संदेश विखेरती रामकथा पार्क पहुंची जहां मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य की सांसद बीना भटनागर और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में भगवान राम का राज्यामिषेक सम्पन्न हुआ कार्यक्रम में प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद रहे अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू आरती के बाद राम की पैडी पर तीन लाख इक्कीस हजार दीपों के प्रज्जवलन की श्रूआत करेंगे जिसके बाद समूचे अयोध्या में पांच लाख इक्यावन हजार दीप जगमगा उठेंगे रात्रि में इण्डोनेशिया फिलीपिन्स श्रीलंका नेपाल और भारत की छः शैलियों पर आधारित रामलीलाओं का मंचन होगा इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दो सौ उन्नीस करोड़ रूपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और एक सौ चौवन करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया दीपावली पंच महापवों की श्रृंखला का दूसरा पर्व छोटी दीपावली आज मनाई जा रही है आज ही नरक चतुर्दशी और हनुमान जयन्ती भी मनाई जा रही है आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चत्र्दशी तिथि को काली चत्र्दशी के रूप में भी मनाया जा रहा है विभिन्न जिलों में हनुमान मंदिरों में आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में आज हनुमान जयंती पर भारी संख्या में श्रद्वालु वहां दर्शन पूजन कर रहे हैं संकटमोचन मंदिर में आज सुबह साढ़े पांच बजे हनुमान जी का विशेष श्रंगार कर के आरती की गयी भारत और चीन के पर्यटकों को ब्राजील में पर्यटन या व्यापार के सिलसिले में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल सोनारो ने कहा कि फिलहाल यह सुविधा केवल ब्राजील में प्रवेश के लिए है जबकि भारत और चीन में वीजा मुक्त प्रवेश के लिए अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है अमरीका ऑस्ट्रेलिया जापान और कनाडा को पहले ही अल्प अवधि की पर्यटन और कारोबार के लिए वीजा से छूट प्राप्त है भारत और चीन दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं